कहा आदेश देने से महामारी फैलने का खतरा बढ़ेगा प्रदेश में बाढ़ के कारण फसलों और कच्चे घरों को व्यापक नुकसान

नवासी प्रतिशत मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिले और पटना में सिंगल ब्रांड शापिंग मॉल आज से खूलेंगे

उच्चतम न्यायालय ने देशभर में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है न्यायालय ने कहा कि पूरे देश के लिए सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राहत दी जाती है तो महामारी फैलने का खतरा बढ़ जायेगा प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रह्मण्यम की पीठ ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से अव्यवस्था उत्पन्न होगी पीठ ने कहा कि न्यायालय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता है प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ से साढ़े सात लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हुआ है कृषि विभाग ने फसल नूकसान की अंतिम रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दी है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीस जिलों के दो सौ चौंतीस प्रखंडों के सिंचित क्षेत्र में सात लाख सत्रह हजार हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गयी है वहीं असिंचित क्षेत्र के लगभग तीस हजार हेक्टेयर और लगभग छह हजार हेक्टेयर में लगी सालाना फसलों को तैंतीस प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है विभाग ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से लगभग एक हजार करोड़ रूपये की मांग की है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कच्चे घरों को व्यापक नुकसान हुआ है घरों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है बाढ़ प्रभावित सोलह जिलों के लगभग ग्यारह लाख बीस हजार परिवारों के बैंक खातों में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेज दी गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचन्द्र डू ने बताया कि शेष परिवारों के बैंक खातों में राशि भेजने का काम जारी है अब तक लगभग छह सौ बहत्तर करोड़ रूपये की राशि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर स्थिर बने रहने के कारण खगड़िया भागलपुर मुंगेर और कटिहार के नये इलाकों में बाढ़ के पानी का फैलना रूक गया है हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में जारी उतार चढ़ाव से सारण और गोपालगंज जिले की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं है सारण जिले के तरैया प्रखंड की तीन पंचायतें पचौड़र भटगायी और नारायणपुर में गंडक नदी ने भारी तबाही मचायी है सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं वहीं दिघवारा प्रखंड के कई गांवों में अब भी तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है गोपालगंज जिले में नदी के जलस्तर में कमी आने से तटबंधों पर कटाव तेज हो गया है इधर पथ निर्माण विभाग ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई जिले की चौदह सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने दूरसंचार कंपनियों को चुनाव के दौरान संचार व्यवस्था दुरूस्त रखने का निर्देश दिया है दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने बूथ स्तर तक नेटवर्क ठीक रखने के लिए हर आवश्यक उपाय करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो दूरसंचार कंपनियों को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार विधान सभा चुनाव में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगायी जायेगी आयोग के आदेश के बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को संविदा कर्मियों की सूची बनाने का निर्देश जारी किया है चुनाव आयोग ने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को लगभग आठ लाख चुनाव कर्मियों को लिए पीपीई किट मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने से महागठबंधन को नुकसान होगा पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला हो जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नाली का काम लगभग प्ररा हो चुका है जो काम बचे रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा श्री कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बिहार स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर उसकी पत्नी और बेटे समेत नौ लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत संज्ञान लिया है विशेष न्यायाधीश रूद्र प्रकाश मिश्र ने जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जबकि अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया है सभी प्रतिवादियों को आठ अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख अठाईस हजार आठ सौ पचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण के नवासी प्रतिशत मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आये हैं मात्र ग्यारह प्रतिशत मामले ही शहरी क्षेत्रों में मिले हैं इधर प्रदेश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर पचासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक लगभग एक लाख दस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं वही इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक छह सौ बासठ लोगों की मृत्यु हुई है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर मशीन लगाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर और मधेपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में यह सुविधा शुरू हो गयी है और जल्द ही बेतिया में भी मशीन की स्थापना कर दी जायेगी उन्होंने बताया कि जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से पन्द्रह लाख नये एंटीजन किट का खरीद की गयी है कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को हो रही स्वास्थ्य परेशानियों के निदान के लिए पीएमसीएच में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू होगी इसके लिए मेडिसिन विभाग में बीस बेड आरक्षित किये गये हैं पटना एम्स से कोरोन संक्रमित दो साल के एक बच्चे सहित रिकार्ड छत्तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अस्पताल में एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई के मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को नये सिरे से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया याचिकाकार्ताओं की ओर से कहा गया कि अब तक दो प्रतिशत जनसंख्या की भी कोविड जांच नहीं हो सकी है साथ ही राज्य सरकार आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है याचिकाकार्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये जा सके हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से वचा कर रखे इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते है मार्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो पटना जिला प्रशासन ने सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल को आज से खोलने की अनुमति दे दी है मल्टी ब्रांड और बड़े शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मॉल संचालकों को सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई जैसी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं मेडिकेटेड मास्क निर्माण के लिए जीविका ने मुम्बई स्थित एक तकनीकी संस्थान से समझौता किया है ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार यह संस्थान जीविका दीदियों को मास्क निर्माण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राज्य में मेडिकेटेड मास्क बनाने का काम शुरू हो जायेगा चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है गौरतलब है कि वर्तमान में बीस जिलों में कार्यरत शिक्षकों के भी वेतन का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक से हो रहा था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि चार सितम्बर तक बढ़ा दी है साथ ही मैट्रिक परीक्षा के लिए छात्र अब तीन सितम्बर तक फार्म भर सकेंगे मुजफ्फरपुर जिले में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो भाइयों की मौत हो गयी दरभंगा जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने ढाई लाख रुपये लूट लिये मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा थाना में पदस्थापित दारोगा कमलेश प्रसाद को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली नोट के कारोबार से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑनलाईन शुरू दैनिक जागरण की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण को भीतर आरक्षण को सही ठहराया दैनिक भास्कर लिखता है एक सौ अंठावन दिन के बाद खुला बाबा धाम मंदिर पर बिहारियों को अभी नहीं मिलेगा प्रवेश प्रभात खबर ने लिखा है नीतीश ने जीतन राम मांझी से की मुलाकात एनडीए में जाना तय राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने कोविड से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

कहा आदेश देने से महामारी फैलने का खतरा बढ़ेगा प्रदेश में बाढ़ के कारण फसलों और कच्चे घरों को व्यापक नुकसान

नवासी प्रतिशत मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिले और पटना में सिंगल ब्रांड शापिंग मॉल आज से खुलेंगे